दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन प्रधानमंत्री समेत प्रदेश के कई नेताओं ने जताया शोक जल शक्ति अभियान के तहत कुल्लू ज़िले के जरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित पर्यटन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक पर्यटन परियोजना को चरणबद्द तरीके से लागू करेगी उन्होंने आज शिमला में कहा कि सभी आयुवर्ग के पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया करवाकर इस प्रदेश को सभी का पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि चांशल को स्कीइंग बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग पौंग बांध को जलक्रीड़ा और जंजैहली को इको पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है उन्होंने राज्य में बौध सर्किट विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मण्डी में पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण के रूप में शिव धाम को विकसित करने की योजना बनाई है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले की सड़कें जल्द ही बेसहारा पशुओं के आतंक से मुक्त हो जाएगी ऊना के थानाकलां में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए अगस्त माह के पहले सप्ताह में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इन पश्ओं को पंचायतों द्वारा चलाए जा रहे गौ सदनों में रखा जाएगा उन्होंने जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश भी दिए बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने ग्राम पंचायतों को मनरेगा के तहत विकास कार्यो को गति देने के निर्देश दिए हैं कांगड़ा जिले के परागपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि विकास कार्य समय पर पूरा करने के साथ साथ कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मनरेगा के तहत अनेक नई गतिविधियों पर भी कार्य करने को प्राथमिकता देनी होगी उन्होंने तकनीकी सहायकों को समय पर प्राकलन और कार्यों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन प्रमुख आर्थिक उद्योग है जो बेरोज़गार युवाओं को रोजगार के विभिन्न साधन उपलब्ध करवा रहा है राजधानी शिमला के खलीणी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर रोज़गार के अवसर पैदा करने पर बल दे रही है बाद में गेयटी थियेटर में हुए एक समारोह में भारद्वाज ने हिमाचल म्यूजिक वैबसाइट का भी शुभारम्भ किया मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल प्रवास के दौरान पट्टन घाटी के अनेक गांवों में आज जन समस्याएं सुनीं

मारकण्डा ने घाटी में विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन विभाग एक सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य कर रहा है

पौधरोपण सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला के समीप अघंजर महादेव में पौधरोपण अभियान में भाग लिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन संरक्षण पर बल देते हुए वनों को रोजगार और आजीविका का साधन बनाने का प्रयास कर रही है किशन कपूर ने वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर ज़िले की बस्सी झनियारा पंचायत में केन्द्रीय विद्यालय के साथ लगते वन क्षेत्र में पौधरोपण अभियान का श्रभारम्भ किया उन्होंने कहा कि भू संरक्षण के साथ साथ भू जल स्तर को बनाए रखने में पौधे सहायक सिद्ध होते हैं

इधर मण्डी ज़िले के कांगू में बालिका गौरव उद्यान योजना की विधायक राकेश जम्वाल ने आज शुरूआत की

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार वृद्धावस्था पैंशन के लाभार्थियों की आयु सीमा को और कम करने पर विचार कर रही है

इससे हज़ारों लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ मिल रहा है

एक वीडियो संदेश में सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो ऑपरेटर द्रदर्शन के चैनल नहीं दिखा रहे हैं वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं निधन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली में निधन हो गया

शीला दीक्षित पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं

शीला दीक्षित केंद्र सरकार में मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रही थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शीला दीक्षित निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है विजय ज्योति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से रवाना हुई कारगिल विजय ज्योति आज मनाली पहुंची सेना के जवानों ने विजय ज्योति को वन मंत्री गोविंद ठाकुर को सौंपा जिसे बाद में अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली पहुंचाया गया इस अवसर पर गोविंद ठाकुर ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को याद करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में एक बैठक में बताया कि ये क्षेत्र नींबू प्रजाति की बागवानी के लिए अनुकूल है और इससे किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध होगी उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को खेती की नई तकनीक से किसानों को अवगत करवाने के निर्देश दिए बरागटा राज्य सरकार में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने लोक निर्माण विभाग को जुब्बल व कोटखाई क्षेत्र में सड़कों को जल्द दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं क्षेत्र में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद सड़क का मुआयना करें ताकि सेब सीज़न में बागवानों को परेशानी न हो बरागटा ने कहा कि वे जल्द जुब्बल नावर कोटखाई की सड़कों का निरीक्षण करेंगे ताकि बागवानों का सेब आसानी से मंडियों तक पहुंचाया जा सके स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमीरपुर में आज ज़िला परिषद की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई परिषद उपाध्यक्ष चंदू लाल चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वच्छ भारत मिशन को उत्साह के साथ आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं उन्होंने बताया कि ज़िले में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की दिशा में मिशन के तहत अनेक कार्य किए जा रहे हैं जल शक्ति भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो मण्डी ने कुल्लू जिले के ज़री में जलशक्ति अभियान पर आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया इस दौरान जल बचाओ जागरूकता रैली निकाली गई और विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी व चित्रकला प्रतियोगिताएं करवाई गईं सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशाषी अभियांता रविन्द्र शर्मा ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया

प्राकृतिक खेती शिमला जिले में रोहडू के बागी गवास में प्राकृतिक खेती विषय पर आज राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति परविन्दर कौशल ने प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत पर बल दिया विश्वविद्यालय की प्राकृतिक कृषि टीम ने किसानों को खेती की इस तकनीक से अवगत करवाया दुर्घटना मण्डी ज़िले में पनारसा जवालापुर मार्ग पर बीती रात एक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई मृतकों की पहचान पनारसा खमराधा के संजू और इंद्र के रूप में की गई है पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है